ये बात श्री खांडू ने कल लोअर दिवांग वैली जिले के मेका बप्टिस्ट चर्च में पूर्व क्रिश्मस समारोह पर आयोजित समारोह में कही धर्म के महत्व के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म का उद्देश्य प्यार धैर्य सहनशीलता और क्षमा की भावना का संदेश फैलाना है उन्होंने कहा कि हर एक धर्मों का संदेश एक है और कोई भी किसी भी धर्म में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है श्री खांड्र ने कहा कि अरुणाचल में शांति एवं विश्वास को लाने में हर एक धर्म और समुदाय आधारित संगठनो के सक्रिय रुप से भागेदारी की आवश्यकता है उन्होंने राज्य में सामुदायिक सोहार्द और भाईचारे को बनाए रखने के लिए इन सभी धार्मिक समुदायों का आभार भी व्यक्त किया उप मुख्यमंत्री चाउना मेन द्वारा हालही में नामसाई जिले के लेकांग में रह रहे गैर अरुणाचलियों को स्थायी निवासी प्रमाणपत्र पी आर सी जारी करने के आश्वासन के रिपोर्ट के खिलाफ ईटानगर में विरोध रैली निकाली गई प्रदर्शनकारियों ने श्री मेन के खिलाफ नारे लगाते हुए आई जी पार्क गेट से उप मुख्यमंत्री बंगला तक जुलूस निकाली हालांकि जिला मजिस्ट्रेड़ और पुलिस बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक दिया गया सांसद निनोंग इरिंग ने हालही में ईस्ट सियांग जिले के मांडांग गांव का दौरा किया और आग दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि प्रदान की पीड़ित परिवारों के पुनार्वास के लिए सांसद ने अपनी तरफ से प्रत्येक आठ परिवारों को बीस बीस हजार रुपए दिये और एम पी लेड से भी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया बाद में पासीघाट वेस्ट के विधायक तातुंग जामोह ने भी गांव का दौरा किया और सहायता प्रदान किया इस बीच मुख्य मंत्री पेमा खांडू ने प्रत्येक पीड़ित परिवारो को राहत पुर्नवास के रुप में एक एक लाख रुपये देने की घोषणा की स्थानीय विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में आग दुर्घटना से प्रभावित परिवारों को हुए संपत्तियों के नुकसान के लिए राहत पुनर्वास योजना बनाने का आश्वासन दिया है गत शुक्रवार को सिले नदी के किनारे अस्थायी टेंट हाउस में लगी आराजनी से सात परिवार प्रभावित हाप शे पापु नाला में कल खेले गए पहला राज्य स्तरीय कबड़डी प्रतियोगिता के फाइनल में पापुम पारे जिला ने सांगे लाडेन खेल अकादमी को चार पॉईंट से हराया

समापन समारोह को संबोधित करते हुए अरुणाचल खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष बामंग तागो ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अब देश के स्पोर्ट्स पावर के रुप में उभर रहा है राज्य में विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा में हो रही बेहतरिन प्रदर्शनों की जानकारी देते हुए श्री तागो ने अरुणाचल कबड़डी संघ को कबड़डी को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर में भी प्रतियोगिता का आयोजन करने की सलाह दी ईटानगर के सिविल सेक्रेटेरियत के निकट कल हुई आग दुर्घटना में तीन घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए अगजनी में लाखों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है हालांकि किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है आग लगने का कारण शार्ट सर्किट होने की संभावना जताई जा रही है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आउटरीच और संपर्क विभाग के फिल्ट आउटरीच ब्यूरो की तेजू इकाई ने आज लोहित जिले के पनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया महिला एवं बाल विकास निदेशालय के सहयोग से पोषण अभियान के बेनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था कार्यक्रम का शुभारंभ जागरुकता रैली के साथ किया गया जहां ज्यादातर स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भवती महिलाए किशोर बालिकायो और स्थानीय लोग ने भाग लिया

कार्यक्रम की विशेषज्ञ तेजू आई सी डी एस की सुपरवाईजर नूरी एलप्रा ने प्रतिभागियों को प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में बताया लोगों को पोषण के बारे में प्रोत्साहित करने हेतु इकाई ने स्वस्थ बेबी शो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया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 आज का अधिकतम तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बारह दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया